उन्होंने कहा आयुष्मान भारत के लाभार्थियों की संख्या एक करोड़ से अधिक हुई

राजधानी रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में प्री मानसून की बारिश शुरू अगले चौबीस घंटे में केरल में दस्तक दे सकता है दक्षिण पश्चिम मानसून प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि कोविड महामारी के बीच अर्थव्यवस्था का बडा हिस्सा खोल दिया गया है लेकिन लोगों को अधिक सचेत और सतर्क रहना होगा आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि श्रमिक विशेष रेलगाडियों और विशेष रेलगाडियों समेत कई सेवाएं बहाल कर दी गई हैं उद्योग भी सामान्य स्थिति की ओर लौट रहे हैं

उन्होंने कहा कि किस प्रकार देशवासियों ने गंभीर चुनौतियों का सामना किया और कोरोना को उतनी तेजी से फैलने नहीं दिया जितनी तेजी से यह दुनिया के अन्य भागों में फैला प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना की मृत्युदर भारत में बहुत कम है प्रधानमंत्री ने लोगों में सेवा की भावना की सराहना करते हुए इसे देश की सबसे बड़ी शक्ति बताया उन्होंने कहा कि सेवा परमो धर्म में ही जीवन का सुख और संतोष है और ये भारत की जीवन शैली है

महामारी के कारण लोगों के कष्टों और समस्याओं पर अपनी पीड़ा साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना वायरस ने समाज के सभी वर्गो को प्रभावित किया लेकिन सबसे बडी मार गरीब मजदूरों और कामगारों पर पड़ी है उन्होंने कहा कि केन्द्र राज्य तथा समी स्थानीय निकाय उनकी समस्याओं के समाधान के लिए निरंतर प्रयत्नशील हैं प्रधानमंत्री ने लाखों मजदूरों को ट्रेनों और बसों से सक्शल उनके घरों तक ले जाने में दिन रात लगे कर्मचारियों की सराहना की

प्रधानमंत्री ने कहा कि मौजुदा परिदृश्य हम सब के लिए सबक के साथ साथ भविष्य की नीति तय करने का अवसर भी है उन्होंने कहा कि हमारे श्रमिकों की पीडा में हम देश के पूर्वी हिस्से की पीडा को देख सकते हैं श्री मोदी ने पूर्वी क्षेत्र के विकास पर जोर देते हुए कहा कि इस क्षेत्र में देश के विकास को रफ्तार देने की क्षमता है प्रधानमंत्री ने कहा कि पूर्वी क्षेत्र का विकास ही देश को संतुलित आर्थिक विकास की ओर ले जा सकता है प्रधानमंत्री ने कहा कि समय की सबसे बड़ी जरूरत यह है कि हम नये समाधान खोजें उन्होंने कहा कि सरकार ने इस दिशा में अनेक कदम उठाये हैं श्री मोदी ने बताया कि केन्द्र ने हाल ही में कुछ ऐसे निर्णय लिये हैं जिनसे ग्रामीण रोजगार स्व रोजगार और लघु उद्योगों के लिए नये अवसर खुले हैं उन्होंने आशा व्यक्त की कि आत्मनिर्भर भारत अभियान देश को इस दशक में नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा श्री मोदी ने कहा कि आयष्मान भारत योजना के लामार्थियों की संख्या एक करोड़ से अधिक हो गई हैं उन्होंने न केवल आयुष्मान भारत के लाभार्थियों को बल्कि इस योजना के अंतर्गत रोगियों का उपचार कर रहे डॉक्टरों और नर्सों को भी श्रमकामनाएं दीं प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी के मौजूदा समय में लोग योग पर गंभीरता से ध्यान दे रहे हैं हरेक जगह लोग योग और आयुर्वेद के बारे में अधिक से अधिक जानना चाहते हैं और इन्हें अपनी जीवन शैली में अपनाना चाहते हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि समुचा विश्व पांच जुन को विश्व पर्यावरण दिवस मनाएगा और इस साल के विश्व पर्यावरण दिवस का मुख्य विषय जैव विविधता है

यह एक ही दिन में संक्रमित हुए लोगों की अब तक की सबसे अधिक संख्या है

वैध्यिक महामारी कोरोना राज्य के सभी चौबीस जिलों में पहुंच चुका है आज भी अब तक पंद्रह नये केस मिले हैं रांची के सूचना भवन में कार्यरत एक कर्मचारी में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई जबकि दस नये संक्रमित जमषेदपुर में मिले हैं इसके अलावा हजारीबाग में तीन और रामगढ़ में एक कोरोना पॉजिटिय केस मिले हैं इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर छह सौ नौ हो गई है

नक्सलियों के खिलाफ चलाये जा रहे राज्यव्यापी अभियान में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है पलामू जिले के पीपराटाड थाना क्षेत्र से पुलिस ने आज प्रतिबंधित नक्सली संगठन टीएसपीसी के एरिया कामांडर श्रवण उरांव को गिरफ्तार किया गिरफ्तार उग्रवादी की निषानदेही पर पांच हथियार भी बरामद किये गये हैं उधर गिरिडीह जिले में पुलिस और सीआरपीएफ की संयुक्त कार्रवाई में एक नक्सली राकेश मरांडी को गिरफ्तार किया गया है जिले के खोरीमहुआ एसडीपीओ नवीन सिंह ने बताया कि राकेश मरांडी पर गिरिंडीह के भेलवाघाटी और बिहार के जमुई तथा खैरा थाने में कई मामले दर्ज हैं इस बीच पष्चिमी सिंहमूम जिले में आज शाम उग्रवादियों के साथ हई मुठमेड में चक्रधरपुर के एएसपी नाथुराम मीणा का अंग रक्षक शहीद हो गया इसके अलावा एक स्थानीय चौकीदार की भी गोली लगने से मौत होने की खबर है पुलिस अधीक्षक इंद्रजीत माहथा ने बताया कि कराईकेला थाना क्षेत्र में उग्रवादी गतिविधियों की सूचना पर पुलिस और सुरक्षा बल की संयुक्त टीम अभियान चला रही थी इसी दौरान नक्सलियों के साथ मुठभेड़ हुई लॉकडाउन पांच के तहत केंद्रीय गुह मंत्रालय से मिले दिषा निर्देष के आलोक में राज्य सरकार ने तीस जून तक स्कूलो में पढ़ाई शुरू नहीं करने का आदेष दिया है झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रषिक्षण परिषद के निदेषक उमाषंकर सिंह ने इस सिलसिले में सभी जिला षिक्षा पदाधिकारियों और जिला षिक्षा अधीक्षकों को पत्र लिखा है उन्होंने कहा है कि स्कूलों में शैक्षणिक कार्य नहीं होंगे लेकिन कल से षिक्षकों द्वारा रोस्टरवार तरीके से गैर शैक्षणिक कार्य किये जायेंगे राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा है कि कोरोना संक्रमण की जांच की रफ्तार तेज करने के लिए जल्द ही सभी जिलों में ट्र नेट मधीन की स्थापना की जायेगी श्री गुप्ता आज जमषेदपुर में चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े अधिकरियों के साथ बैठक कर रहे थे बैठक में जिले के उपायुक्त रवि शंकर शुक्ला भी मौजूद थे बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि जमषेदपुर में कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ रही है ऐसे में सरायकेला और चाईबासा में भी मरीजों के इलाज की व्यवस्था की जा रही है देष के विभिन्न राज्यों से प्रवासी कामगारों का झारखंड लौटने का सिलसिला लगातार जारी है आज भी मंबई में फंसे एक सौ अस्सी प्रवासी कामगारों को लेकर एक फ्लाइट रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पहंची ये फ्लाइट भी नेशनल लॉ स्कूल बेंगलुरु के पूर्ववर्ती छात्रों से सहयोग से लायी गई इससे पहले अठाइस मई को भी एनएलआईयू के पूर्ववर्ती छात्रों के सहयोग से एक सौ अस्सी प्रवासी मजदूरों को मुंबई से फ्लाइट के जरिए रांची पहचाया गया था आज मिजोरम से भी कुछ प्रवासी कामगारों को सुरक्षित बसों द्वारा झारखंड लाया जा रहा है इधर राज्य सरकार के प्रयास से अब तक कुल दो सौ पचास प्रवासी कामगार लेह और अंडमान हीप समूह से झारखंड लाए जा चुके हैं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 राजधानी रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में प्री मानसून की बारिष शुरू हो गई है मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने कहा है कि बंगाल की खाड़ी से झारखंड आ रही नमी के कारण गुमला सिमडेगा गढ़वा हजारीबाग समेत अन्य जिलों में शनिवार को तेज हवा के साथ बारिश शुरू हो गई है उधर केरल के दक्षिण तटीय इलाकों और लक्षद्वीप में दो दिन से बारिश हो रही है मौसम विमाग ने कहा है कि यह मानसुन पुर्व की बारिश है और अगले चौबीस घंटे में मानसून केरल तट से टकरा सकता है दक्षिण पश्चिमी मानसून मालदीव और कोमोरिन क्षेत्र में सक्रिय है और यह लगातार दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व अरब सागर की तरफ बढ़ रहा है तथा परिस्थितियां मानसून के अनुकूल बनी हुई हैं संक्षिप्त खबरें

नई जिम्मेवारी मिलने पर श्री दवे ने कहा कि राज्य में षिक्षा में सुधार उनका लक्ष्य होगा

राजमहल उपकारा में बंद कोरोना संक्रमित को इसी आइसोलेषन वार्ड में रखा गया है

दोनों का इलाज दुमका मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चल रहा है

इस सिलसिले में तीन अपराध कर्मियों को गिरफ्तार किया गया है गोड़डा जिले में उपायुक्त के निर्देष पर अवैध बालू और चिप्स लदे पचपन वाहनों को जब्त किया गया है